एनपीएस केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन कोष और निवेश के ढांचे का चयन करने की स्वतंत्रता होगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल धर्मशाला में प्रस्तावित रैली स्थल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली का नेतृत्व करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि इस अवसर पर राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हलके बादल छाए हुए हैं हालांकि जनजातीय जिले लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर आज भी रुक रुक कर बर्फबारी जारी है जिससे समूची लाहुल घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में है किन्नौर कुल्लू और चम्बा जिलों की ऊंची चोटियों पर भी बीती रात हल्का हिमपात होने का समाचार है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शीत सत्र को पहले दिन विपक्ष का हंगामे के बाद वॉकआउट पंजाब केसरी का शीर्षक है हंगामे की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र का पहला दिन विपक्ष का वॉकआउट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पहले ही दिन विपक्ष का वॉकआउट दैनिक जागरण लिखता है शीत सत्र में विपक्षी तेवरों का ताप हिमाचल दस्तक की सुर्खी है पहले दिन ही हुआ हंगामा सदन में नारेबाजी के बाद विपक्ष का वॉकआउट हाईकोर्ट के हवाले से अमर उजाला ने खबर दी है कौशल भत्ते में घोटाले की आशंका हिमाचल दस्तक के मुताबिक प्रदेश हाईकोर्ट को कौशल विकास भत्ते में फर्जीवाड़े की आशंका आय से अधिक सम्पत्ति मामले पर पंजाब केसरी का शीर्षक है वीरभद्र व उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई मौसम पर दैनिक भास्कर के अनुसार सीजन की सबसे ठंडी रात ऊंचाई पर स्नो फॉल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल शीत लहर की चपेट में पौंग विस्थापितों के लिये प्रदेश में ही बनाई जाए पुनर्वास नीति अमर उजाला की एक खबर है

हिमाचल दस्तक का कहना है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मोदी की रैली अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय चार्जशीटों की खामोश क्षमता में लिखा है कि हमारे विकास की जंग शायद ही किसी चार्जशीट का कभी हिस्सा बनेगी हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय वाहन चालकों को मिलेगी सुविधा में लिखा है वाहन चालक डीजी लॉकर और एम परिवहन ऐप से ऑनलाईन भी अपने कागज चेक करवा सकते हैं ऐसे में यदि वाहन चालक के पास गाड़ी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान नहीं कटेगा